आयुष्मान भारत केंद्र सरकार ने कहा है कि बच्चों में कैंसर का उपचार भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया जाएगा नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद कुमार पॉल ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इसके लिए दरें भी तय कर दी गई हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए तक का स्वाास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा पॉल ने कहा कि निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा

इन केन्द्रों में मधुमेय कैंसर हृदय रोग तथा अन्य रोगों के उपचार की व्यापक सुविधाएं होंगी

ये जानकारी उन्होंने आज शिमला में एक समीक्षा बैठक में दी उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक भाग में बागवानी परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार साबित होगा

शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर में यह जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही इसका कार्य आरंभ कर दिया जाएगा इस दौरान उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र के मैंझा में पेयजल योजना के शिलान्यास अवसर पर ये जानकारी दी

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के डाडासीबा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि बच्चों का समग्र विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए ऊना जिला के बंगाणा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटलो में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही

अनुराग लोकसभा में मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में विभिन्न पार्टियों के सांसदों और पूर्व केंद्रीय मंत्री का एक दल भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने व विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के लिए अमेरिका दौरे पर गया है

ये जानकारी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंडी जिला के विकास खंड सुंदरनगर में आज इस योजना के शुभारंभ अवसर पर दी उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में शामिल न हो पाने वाले परिवारों की गृहणियों के लिए ये योजना शुरू की गई है जिसमें घरेलू रसोई गैस कनेक्शन सिलेंडर और गैस चूल्हा उपलब्ध करवाया जा रहा है

प्रशिक्षण कार्यक्रम हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा देश भर के वरिष्ठ वन अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है

राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है खासकर जहां निजी बसों पर यातायात व्यवस्था अधिक निर्भर है हालांकि परिवहन निगम द्वारा यातायात सुविधाओं को सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती कुल्लू में निजी बस संचालकों द्वारा रोष रैली का भी आयोजन किया गया और सहायक आयुक्त के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया

इस दौरान जिले के सभी रूटों पर निजी बसें अपने निर्धारित समय पर चली हमारे चम्बा प्रतिनिधि के अनुसार एसोसिएशन को दस दिनों के भीतर उनकी मांगे हल करने का आश्वासन दिया गया है

इस दौरान कांगेस कार्यकर्त्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर बढ़ती महंगाई पर रैलियां निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया हिमाचल प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला राजधानी शिमला के व्यापार मंडल ने बंद के समर्थन में दोपहर तक द्वकानें बंद रखी

दूसरी ओर सीपीआईएम की शिमला शहरी इकाई ने विक्ट्री टनल पर चक्का जाम कर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रकट किया सीपीआईएम नेता व विधायक राकेश सिंघा और शहरी कमेटी सचिव बलवीर पराशर ने इस दौरान लोगों को संबोधित किया

किन्नौर जिले में भी बंद का असर देखने को मिला इस दौरान रिकांगपिओ में सभी दुकानें बंद रही

कुल्लू जिले में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला भुंतर और कुल्लू में आधे बाजार खुले रहे

उन्होंने भारत बंद के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इन खेलों का शुभारंभ करते हुए कहा कि खेल स्वस्थ जीवन और व्यक्तित्व निर्माण के लिए अत्यंत प्रभावशाली साधन है

मेले का उद्घाटन करते हुए सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि निदेशालय को राष्ट्रीय खुम्ब प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने के प्रयास किए जाएंगे ये मेला किसानों की आय दोगुणा करने में अहम भूमिका निभाएगा उन्होंने युवा वर्ग से नौकरी के पीछे न भाग कर खूम्ब उत्पादन को व्यवसाय के रूप में अपनाने का आहवान किया इस दौरान किसान गोष्ठी का आयोजन भी किया गया जिसमें मशरूम की नवीनतम उत्पादन तकनीकों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई